संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया श्री कोविंद ने कहा है कि सरकार ने नए भारत के निर्माण का सफर शरू किया है जहा प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी सुविधाए मिली है आर प्रतिष्ठा के साथ न्याय मिला है उन्होंने कहा कि आज लोग स्वस्थ सुरक्षित और शिक्षित हैं सबको तरक्की के समान अवसर मिलते हैं और हर बेटी सुरक्षित महसूस करती है राष्ट्रपति ने कहा कि इस नए भारत को पूरी दुनिया से सम्मान मिल रहा है

एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अर्कमण्यकता न हो जहां भ्रष्टाचार न हो जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान न हो पहले दिन से ही मेरी पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे राष्ट्रपति ने कहा कि देश नैतिकता और सिद्धांतों पर आधारित समावेशो समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष आम चुनाव में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा जिसमें इस सदी में जन्मे युवा मतदाता पहली बार वोट देंगे उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक से उन लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में मदद मिलेगी जो भारत में शरण लेने के लिए विवश हुए हैं उन्होंने कहा कि सरकार अन्य बेटियों की तरह मुस्लिम बेटियों को भो समान अधिकार देने के लिए जल्द से जल्द तीन तलाक विरोधी विधेयक संसद में पास कराने के प्रयास कर रही है हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार तीन तलाक स जुड़ कानून का ससद स पारित करवान का लगातार प्रयास कर रही है इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना सामाजिक न्याय के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है

हम इस बात से भलीभांति परिचित है कि बीमारी के इलाज का खर्च किसी गरीब परिवार को और भी गरीब बनाता है इस पीड़ा को समझने वाली मेरी सरकार ने पिछले वर्ष आयुष्मान भारत योजना शुरू की सिर्फ चार महीने में ही इस योजना के तहत दस लाख से ज्यादा गरीब अस्पताल में अपना इलाज करवा चुके है

सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है किसानों की हर जरूरत को समझते हुए उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयारत है कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसान को अधिक सुविधा और सहायता मिले ये सरकार की प्राथमिकता है राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम लाभ महिलाओं को मिला है

उन्होंने कहा कि जीएसटी जैसे व्यापक कर सुधारों को लागू करने के साथ एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना साकार हुई है संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखने के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है लोकसभा के महासचिव ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखी उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दिनभर के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सभापति वेंकैया नायडू ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को श्रद्धांजलि दी जॉर्ज फर्नांडिस को महान मजदूर नेता और विशिष्ट सांसद बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश ने सक्षम प्रशासक और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि वे संसद के बजट सत्र को उपयोगी बनायें सत्र के पहले दिन आज ससद के बाहर प्रधानमत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है

आगे भी इसके लिए हम प्रतिबद्ध है सदन में भी सबका साथ ले करके देश के विकास के लिए काम करने के निर्णयों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग बजट का सीधा प्रसारण करेगा इसमें बजट क बारे में विशेषज्ञों के विश्लेषण विशेष बजट बुलेटिन और बजट के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया शामिल होंगी यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चनल और अन्य फ्रिक्वेंसियों पर उपलब्ध होंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के सभी सोशल मीडिया मंचों ट्वीटर और फेसबुक के एयरन्यूजएलर्टस तथा न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल यू ट्यूब चनल पर कल सुबह दस बजकर दस मिनट से उपलब्ध होंगे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

केन्द्र ने इस साल पहली जनवरी से पीएचडी छात्रों और अन्य शोधकर्ताओं के लिए फेलोशिप की राशि बढ़ा दी है इसमें भौतिक और रसायन विज्ञान इंजीनियरिंग गणित कृषि विज्ञान जीव विज्ञान और फार्मेसी सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में नामांकित शोध छात्र और शोधकर्ता शामिल हैं

इससे राज्यों को भी अपनी फेलोशिप की राशि बढ़ाने का आधार मिलेगा